कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने केन्द्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया भाजपा ने कहा सीबीआई और ईडी की कार्रवाई महज एक संयोग है

प्रदेश में बीकानेर जोधपुर नागौर और सवाई माधोपुर जिलों में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश के समाचार उच्चतम न्यायालय ने सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कल दी गई व्यवस्था के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष की याचिका पर त्वरित सुनवाई से फिलहाल इनकार कर दिया है विधानसभा अध्यक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आज मामले की त्वरित सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष विशेष उल्लेख किया लेकिन सर्वोच्च अदालत ने त्वरित सुनवाई से मना कर दिया न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा कि वह रजिस्ट्रार कार्यालय जाएं रजिस्ट्रार कार्यालय जैसा तय करेगा उसी के अनुसार सुनवाई होगी वहीं विधायक पृथ्वीराज तथा कांग्रेस के अन्य बागी विधायकों द्वारा उच्चतम न्यायालय केविएट दायर कर न्यायालय से अनुरोध किया है कि इस मामले में उनका पक्ष भी सुना जाए इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉ सी जोशी ने आज सुबह इस मामले में उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दायर करने के निर्णय सम्बन्धी जानकारी पत्रकारों को दी उन्होंने कहा कि उनके समक्ष जो प्रार्थनापत्र आते हैं उस पर कारण बताओ नोटिस जारी करने का उन्हें अधिकार है संसदीय लोकतंत्र में सभी संवैधानिक संस्थाओं का कार्य उल्लेखित किया हुआ है

उन्होंने जोधपुर के व्यवसायी और मुख्यमंत्री के रिश्तेदार अग्रसेन गहलोत के यहां ईडी की कार्यवाही की भी आलोचना की

दूसरी ओर प्रदेश भाजपा कार्यालय पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री पूनिया ने कहा कि कोरोना के इस संकट में क्षेत्र की जनता विधायकों को दूंढ रही है उन्होंने कहा कि आशंकाए बरकरार है और इनका समाधान कैसे हो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और राजस्थान की जनता भी यही चाहती है सीबीआई और ईडी की कार्यवाही के संबंध में श्री पूनिया ने कहा कि ऐसी कार्यवाही एक दिन में नही होती

निदेशालय ने कथित उर्वरक घोटाले के मामले में सीमा शुल्क विभाग की शिकायत के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था और आरोप पत्र दाखिल किया था सरकारी सूत्रों ने बताया कि राजस्थान में छह गुजरात में चार पश्चिम बंगाल में दो और दिल्ली में एक स्थान पर छापे मारे गये इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के जोधपुर स्थित परिसर में भी छापेमारी की गई

प्रशासन की टीम ने पुलिस के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई कर लोगों को मास्क पहनने और सही तरीके से लगाने के प्रति सर्चेत किया

गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने आज इस बारे में आदेश जारी किये आदेश के अनुसार बस संचालक द्वारा प्रत्येक यात्रा से पहले और यात्रा के बाद सीटों तथा छूने के स्थानों का सेनेटाइजेशन आवश्यक रूप से किया जायेगा साथ ही बसों में बैठने वाले यात्रियों ड्राइवर तथा कंडक्टर द्वारा फेस मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा

चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वकीलों की मदद के लिए एक फंड की स्थापना की जानी चाहिए कोर्ट ने इस मामले में केन्द्र सरकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई और सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया है

प्रदेश से राजस्थान के लिए चुने गये तीनों नये सांसद कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी तथा भारतीय जनता पार्टी के राजेन्द्र गहलोत भी आज शपथ लेने वालों में शामिल हैं